इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने आज शिमला में प्रवासी मजदूरो के लिए वन नेशन वन राशनकार्ड योजना के तहत खाद्य व नागरिक ऑपूर्ति विभाग की अंतरराज्जीय पोर्टेबिलिटी योजना का शुभारम्भ किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से उपभोक्ताओं को देश में कहीं भी उचित मूल्यों की दुकानों से राशन लेने में सहायता मिलेगी जयराम ठाकूर ने कहा कि योजना से प्रदेश के लाखों लोग लाभान्वित होंगे

दिशा निर्देश केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में दी गई व्यापक छूट के बावजूद राज्य सरकारें गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में उल्लेखित प्रतिबंधों की अनदेखी नहीं कर सकतीं कोन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य सरकारें अपने आकलन के आधार पर कुछेक कार्यो को प्रतिबंधित कर सकती हैं उन्होंने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नये दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए अजय भल्ला ने कहा कि ये दिशा निर्देश आज से लागू हो गये हैं इसके तहत अब राज्य सरकारे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित कर सकेंगी कैंटीन शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लैफिटनेंट जनरल राज शुकला ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना ने प्रदेश के सेवारत और सेवानिवृत सैनिकों को लाभान्वित करने के उदेश्य से बिलासपुर जिले के झंडुता और मंडी के सुंदरनगर में सीएसडी कैंटीन खोलने को सहमति दे दी है जयराम ठाकूर ने कहा कि उन्होंने इस मुददे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की थी

उन्होंने बताया कि ये सभी लोग बाहरी राज्यों से जिले में आए थे और इनमें से चार लोग संस्थागत जबकि एक होम क्वारंटीन में था मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लाहौल स्पिति जिला मुख्यालय केलंग में अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं और विकास कार्यो की समीक्षा बैठक की उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ समाज के गरीब वर्ग तक पहुंचाना सुनिश्चित करें मारकंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री करीब कल्याण अन्न योजना के तहत जिले के सभी गरीब परिवारों को अग्रिम राशन दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि रोहतांग दर्रा खुलने के बाद अब एक सप्ताह के भीतर लोगों को रसोई गैस और राशन वितरित किया जाएगा मारकंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दो हजार रूपए की राशि और सामाजिक सुरक्षा पैंशन का सितम्बर तक अग्रिम भुगतान कर लिया गया है

उन्होंने पन्ना प्रमुखों से कोरोना संकटकाल के दौरान लोगों को सरकारी दिशा निर्देशों के बारे में जागरूक करने का आहवान किया भारद्वाज ने पन्ना प्रमुखों को निर्देश दिए कि वे प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री राहत कोष में अधिक से अधिक योगदान देने के लिए लोगों को जागरूक करें भारद्वाज ने होम क्वॉरटीन में रह रहे लोगों से नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने और क्षेत्र के बुजुर्गों से बाहर न निकलने की अपील भी की कुल्लू ऑटो कुल्लू जिला प्रशासन ने ऑटो चालकों को राहत प्रदान करते हुए ऑटो में एक सवारी को ले जाने की अनुमति दे दी है प्रशासन ने ऑटो चालकों को केंद्र सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करने और सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं ऑटो यूनियन ने जिला प्रशासन के इस निर्णय पर संतोष जताया है यूनियन के अध्यक्ष राजक्मार ने बताया कि ऑटो चलाने की अनुमति मिलने से जिले को करीब एक हजार ऑटो चालकों को अपने परिवार के भरण पोषण में सहायता मिलेगी कंटैनमेंट रूना ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने हरोली विकास खंड की बाथली पंचायत को कंटैनमेंट जोन से बाहर करने के आदेश जारी किए हैं उन्होंने कहा कि दो मई को पंचायत के भंगला गांव में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने के बाद क्षेत्र को कंटैनमेंट जोन में शामिल किया गया था उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के उद्रेश्य से स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत ये गांव निगरानी में रखा जाएगा